प्रदेश में भी रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में राजनैतिक सरगर्मिया तेज भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में व्यस्त राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं से निर्भिक होकर मतदान करने की अपील

बुराई पर अच्छाई की विजय के इस त्योहार को रोशनी पर्व के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना तथा भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों के साथ आज दीपावली मनाई इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूरदराज की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत बन रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि जवान अपनी निष्ठा और अनुशासन से लोगों में सुरक्षा तथा निर्भयता की भावना का संचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नेरक्षा क्षेत्र की मजबूती और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेकप्रयासों का भी उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों कोविश्वभर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसाऔर सराहना मिलती है

व्यापारिक प्रतिष्ठानों कार्यालयों और घर घर में लक्ष्मी और गणेश पूजन किया जा रहा है मन्दिरों में आकर्षक झांकियों के साथ अभिषेक और आरती के विशेष कार्यक्रम रखे गए है बाजार रंग बिरंगी रोशनी और बिजली की झालरों से जगमगा रहे है जगह जगह दीपदान किया जा रहा है घरों में पारम्परिक मिष्ठान्न और पकवान बनाए गए है दीयों रंगोली बंधनवार और फूलों से सुन्दर सजावट की गई है प्रकाश उत्सव के अवसर पर होने वाली भव्य सजावट को निहारने के लिए इस बार बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान आए है दीपमालिका पर्व पर सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में देशी विदेशी सैलानियों की खासी रौनक है राजसमंद जिले के श्रीनाथजी मन्दिर में दीपोत्सव में भाग लेने के लिए गुजरात महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से श्रद्वालू पहुंचे है

धौलपुर में आज बड़ी संख्या में लोगों न तीर्थराज मचकुण्ड पर परिक्रमा कर पूजा अर्चना की खुशहाली के इस पर्व पर झुन्झुनूं में कमरूद्दीन शाह की दरगाह पर साम्प्रदायिक सदभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है

भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती सीमा चौकियों पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान भी उल्लास के साथ दीपावली मना रहे है हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर पाक रैंजर्स के साथ मिठाईयों का आदान प्रदान भी किया गया

धनंतेरस से शुरू हुए पांच दिवसीय दीपोत्सव के तहत कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा अन्नकूट पर्व पर मन्दिरों पर छप्पन भोग झांकी और प्रसादी वितरण होगा शुक्रवार को भाई बहिन के पवित्र प्रेम का प्रतीक पर्व भाईदूज मनाया जाएगा

किसी भी बड़े राजनैतिक दल की ओर से अभी प्रत्याशियों की सूची घोषित नहीं की गई है लेकिन संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी जताने में जुटे हुए हैं केन्द्रीय स्क्रीनिंग कमेटियां टिकिट वितरण के काम को अंतिम रूप दे रही है

इससे प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों से जनता को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है साथ ही निष्पक्ष और निर्भिक होकर वोट डालने की अपील की जा रही है ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली को मतदाताओं के बीच दर्शाया जा रहा है मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है

ब्रंदी में जिला निर्वाचन विभाग ने आज रोचक कार्टून श्रृंखला जारी कर दीपावली के साथ लोकतंत्र के पर्व को भी याद रखने का संदेश दिया

राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ वीना प्रधान ने कल जयपुर में बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसल का बेचान करते समय मूल गिरदावरी प्रस्तुत की थी उनकों भुगतान किया गया है और जल्द ही शेष किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है

सर्द हवाओं ने गुलाबी ठंड का असर बढ़ा दिया है दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है

ये विमान सेवा बंगलूरू दिल्ली और उदयपुर के बीच होगी

ढाणियों तक बिजली लाइन सप्लाई कर चारों ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया